देहराद्रन में शौर्य सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने रक्षाकर्मियों के लिए दो सौ बिस्तरों वाले तीन अस्पताल बनाये जाने की भी घोषणा की इस अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने शहीदों की पत्नियों को भी सम्मानित किया रक्षामंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मरक की स्थापना देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करने का एक प्रयास है रक्षामंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य में एक अर्धसैनिक बल निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे चुनाव अभियान के दौरान प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बारे में विचार के लिए बैठक बुलाए अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खण्डपीठ ने निर्वाचन आयोग पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगभग एक सप्ताह के भीतर ये बैठक बुलाने को कहा है चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक और इसी प्रकार की दूसरी वस्तुओं से बने बैनरों और होर्डिंग्स के प्रयोग को रोकने के लिए दायर याचिका में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश देने की बात कही गई है विधायक तेची कासो ने कल पाप्रम पारे जिले के चिंप् में शमशान घाट का उद्घाटन किया उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री कासो ने कहा कि राजधानी ईटानगर क्षेत्र में रहने वाले खासकर गैर अरुणाचलियों के लिए यह लंबे समय से जरुरत बनी हुई थी उन्होंने कहा कि उन्हें अपने प्रियजनों के अंतीम संस्कार के लिए असम ले जाना पड़ता था यह शमशान घाट ईटानगर और उसके आसपास के जरुरतो को पूरा करेगा शमशाम घाट की जमीन को श्री कासो ने डोनेट किया और राज्य सरकार ने इसके निर्माण कार्य के लिए तीन करोड़ रुपये मुहैय्या किया अपर सियांग जिले से आरंभ हुए और दो महीने तक चले अरुणाचल राईजिंग कल यिंगक्योंग में समाप्त हुआ कार्यक्रम में शरीक होते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराया उन्होंने उपस्थित लोगों से एक जूट होकर जिले के हित में कार्य करने की अपील की इस दौरान जिला उपायुक्त कर्मा लेकी ने अरुणाचल राईजिंग अभियान के अभिप्राय और उद्देश्य के बारे में लोगों को बताया राजीव गांधी विश्वविद्यालय के वाईस चांसस्लर साकेत कुशवाहा ने छात्रों और शिक्षकगणो से समर्थन व सहयोग की अपील की ताकि वह इस विश्वविद्यालय को एक मॉडल विश्वविद्यालय बनाने के सपने को साकार कर सके मॉन छात्र संघ द्वारा आयोजित लोसार उत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने यह बात कही

प्रदेश खेल प्राधिकरण प्रदेश ओलॉम्पिक संघ और अन्य पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघो ने कल चौथा परामर्श बैठक बुलाया बैठक में खेलों को और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बढ़ावा देने से जूड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया प्रदेश खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष बामांग तागो ने संघो से खेलों को बढ़ावा देने में ईमानदारी और पूरे लगन से कार्य करने को कहा उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रदेश में कमी नहीं है उन्हें चाहिए तो बस समर्थन सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण फ्रांस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का फिर समर्थन किया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत पूरे तौर पर शांति के प्रति वचनबद्ध है लेकिन अगर जरुरत हुई तो वह अपनी प्रभुसत्ता की पूरी शक्ति के साथ रक्षा करेगा